उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए किफायती और टिकाऊ बैटरियों की आवश्यकता है नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वस्तरीय उत्पाद विकसित करने के लिए पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का मिलाजुला उपयोग करना चाहिए उन्होंने नवाचार के वाणिज्यीकरण के महत्व का भी उल्लेख किया प्रधानमंत्री ने वर्चुअल लैब विकसित करने के महत्व पर बल दिया ताकि विद्यार्थियों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाया जा सके वैज्ञानिकों से भारत की आकांक्षी जरूरतों के लिए काम करने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को कृषि उत्पादों और जल संरक्षण पर ध्यान देते हुए कृपोषण जैसे वर्तमान सामाजिक मुद्दों पर काम करना चाहिए किरन रिजिज् केंद्रीय खेल और युवा मामालों के राज्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि आईटीबीपी से देश में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में काम करें आज औली स्थित आईटीबीपी माउंटेनयरिंग एंड स्की इंस्टीट्यूट पहुंचे खेल मंत्री ने कहा कि आईटीबीपी साहसिक खेलों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है उन्होंने आईटीबीपी को साहसिक खेलों के लिए हरसंभव प्रोत्साहन देने की बात कही इस दौरान उन्होंने स्नो स्कूटर की सवारी भी की श्री रिजिजू रोपवे से औली पहुंचे उन्होंने कहा कि शीतकालीन खेलों के प्रति दुनिया भर में आकर्षण है यह खिलाड़ियों के साथ ही पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं उन्होंने उत्तराखंड में विंटर गेम्स को बढ़ावा देने की बात कही गौरतलब है कि खेल मंत्री रिजजू आज सुबह नई दिल्ली से हेलीकॉप्टर से जोशीमठ पहुंचे आईटीबीपी इंस्टीट्यूट पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया जट सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि बजट को आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब टैक्स केवल जीएसटी है उन्होंने कहा कि सरकार बजट में गरीब और पिछड़े वर्ग के हितों का संरक्षण करेगी उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और हम गरीब वर्ग को कई रियायतें दे रहे हैं आशा कार्यकत्रियां का वेतन बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं साथ ही वृद्धावस्था पेंशन और अन्य कई कल्याणकारी योजनाओं को भी लागू करेंगे उन्होंने दोहराया कि बजट पूरी तरह से आम लोगों के लाभ संरक्षण और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा

इसके लिए विशेष कन्सलटेंट का सहयोग लिया जायेगा साथ ही वर्तमान में कार्यरत आईटीआई प्रशिक्षकों को उच्चस्तरीय संस्थानों से वर्तमान आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण भी दिलाया गया है

इस दौरान कौशल विकास मिशन के माध्यम से युवाओं को अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्य कार्यक्रम का प्रशिक्षण और प्रमाणन भी दिलाया जायेगा प्रस्तुतीकरण के दौरान अपर सचिव तकनीकि शिक्षा कौशल विकास एवं सेवायोजन डॉ अहमद इकबाल ने बताया कि आईटीआई अध्यापकों को रिफ्रेसर्स कोर्स के माध्यम से रोजगारपरक व्यवसाय में उच्च तकनीकि संस्थानों से प्रशिक्षित कराया गया है

युवाओं के आय को बढ़ाने के लिये प्लेसमेंट आदि की भी गतिविधियां संचालित की जायेंगी

योजना के तहत किसानों की खेत की मिट्टी के नमूनों की जांच की जाती है और यह पता लगाया जाता है कि मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है हर दो साल में मिट्टी की जांच की जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर विभिन्न माध्यमों से इसके पोषक तत्वों को बरकरार रखा जा सके

इस योजना से उत्तराखंड के किसान भी लाभावित हो रहे हैं

लाभार्थी किसान अब्दल वारी का कहना है कि इस योजना से उनकी मिट्टी की उर्वरकता बढ़ी है जिससे पैदावार अच्छी हो गई है

जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाथार्थियों को किसान क्रेडिट के माध्यम से रियायती संस्थागत ऋण का लाभ दिया जाना है

टिहरी के जिलाधिकारी वी षणमुगम ने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए यह योजना मील का पत्थर साबित होगी नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक कृष्णा सिंह ने बताया कि किसान बैंक और सीएससी सेंटरों में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन एप्लाई कर सकते हैं वेब पोर्टल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल अपने सरकारी आवास में श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के आधिकारिक वेब पोर्टल का उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने मंदिर समिति की डायरी और कैलेंडर का भी विमोचन किया वेब पोर्टल राष्ट्रीय सूचन विज्ञान केंद्र एनआईसी ने तैयार किया है मुख्यमंत्री ने एनआईसी निदेशक के नारायणन को पोर्टल में चारधाम यात्रा से सम्बन्धित अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा उन्होंने कहा कि श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की आधिकारिक वेबसाइट होने से अब दुनियां के किसी भी कोने से चारधाम यात्रा के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी इस अवसर पर मंदिर समिति के पदाधिकारी और एनआईसी के अधिकारी मौजूद रहे योगा ओलम्पियाड चंपावत में शिक्षा विभाग का जिलास्तरीय योग ओलम्पियाड आयोजित किया गया इसमें जिले के चारों विकासखंडों के चयनित छात्र छात्राओं ने भाग लिया ओलम्पियाड में बालक और बालिकाओं के सीनियर और जूनियर वर्ग में योग प्रतियोगिता आयोजित की गई

दुर्घटना उत्तरकाशी जिले में बड़कोट के पास एक सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मृत्यु हो जाने की खबर है वाहन में आठ लोग सवार थे जो निसणी गांव के निवासी बताये जा रहे हैं हादसे में जख्मी तीन लोगों को बड़कोट के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि एक अन्य की तलाश जारी है